नक्सल ऑपरेशन के विशेष पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने सुकमा के मुठभेड़ में भारतीय वायुसेना की भूमिका को अहम बताया

आज संविधान दिवस पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोगों को दी बधाई प्रदेश में हुए अनेक कार्यक्रम

इस मुठभेड़ में डीआरजी के दो जवान भी शहीद हो गए हमारे संवाददाता के अनुसार सुकमा जिले के किस्टाराम थाना क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी स्पेशल टॉस्क फोर्स एसटीएफ कोबरा बटालियन और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के अलावा तेलंगाना राज्य के ग्रे हाउंड पुलिस का संयुक्त दल तलाशी अभियान पर निकला हुआ था इसी दौरान एल्मागुंडा में साकलेर के जंगलों में घात लगाए बैठे माओवादियों ने हमला कर दिया सुरक्षा बलों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में आठ माओवादी मारे गए इस मुठभेड़ में डीआरजी के दो जवान भी शहीद हो गए वहीं प्रहार अभियान के तहत सुकमा जिले के ही मद्देड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोंजेड के जंगलों में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक अन्य माओवादी मारा गया सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से एक राइफल एक भरमार बंदूक और विस्फोटक सामग्री बरामद की है

इस अभियान के तहत पिछले कुछ समय से सुरक्षा बलों के संयुक्त दल को संवेदनशील इलाको में तलाशी अभियान पर भेजा जा रहा है

श्री अवस्थी ने इस मुठभेड़ को बड़ी सफलता बताया उन्होंने बताया कि मुठभेड़ के दौरान मारे गए सभी माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं श्री अवस्थी ने बताया कि मारे गए माओवादियों में से दो पर आठ आठ लाख रूपए का इनाम घोषित था श्री अवस्थी ने इस अभियान में भारतीय वायुसेना के योगदान की भी सराहना की

श्री अवस्थी ने इस मुठभेड़ में पन्द्रह से अधिक माओवादियों के मारे जाने का दावा किया है उन्होंने कहा कि इस अभियान में करीब बारह सौ जवानों ने हिस्सा लिया

हमारे संवाददता ने बताया कि जिले के छोटे डोंगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी और जिला पुलिस बल का संयुक्त दल तलाशी अभियान पर निकला था इस दौरान टेकरी गांव के पास घेराबंदी कर तीन माओवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया इनमें से एक माओवादी के खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी था संविधान दिवस आज संविधान दिवस है उन्नीस सौ उनचास में इसी दिन संविधान को मंजूरी दी गयी और छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास को इसे लागू किया गया उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है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 राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान स्वतंत्र भारत का प्रेरणादायक सजीव दस्तावेज है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 उन्होंने कहा कि यह संकट के समय इन सबको दिशा निर्देश देता रहा है और पिछले सात दशकों से एक बड़ी ताकत बना हुआ है संविधान दिवस पर ट्वीट संदेश में उपराष्ट्रपति एम वेकैंया नायड् ने कहा है कि यह एक राष्ट्रीय दायित्व है कि लोग अपने व्यक्तिगत और सामुदायिक जीवन में संविधान के मूलभूत उद्देश्यों को अपनाएं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि हमारा देश संविधान सभा की महान विभूतियों के योगदान को हमेशा याद करता रहेगा उन्होंने संविधान में निहित सामाजिक मूल्यों को बनाए रखने की प्रतिबद्वता व्यक्त की संविधान दिवस छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी संविधान दिवस के अवसर पर प्रदेश की जनता को बधाई और श्भकामनाएं दी है मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि देश के लोकतंत्र को सुरक्षित रखने में हमारे भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है उन्होंने सभी लोगों से संविधान की पवित्र भावना के अनुरूप कानून के मार्ग पर चलकर देश में शांति सद्भाव और सामाजिक समरसता की भावना को और भी अधिक सुदृढ़ बनाने की अपील की है संविधान दिवस के मौके पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया नया रायपुर स्थित मंत्रालय के सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक रूप से वाचन किया वहीं संभाग के आयुक्त कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय में भी संविधान दिवस मनाया गया इस मौके पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने संविधान की रक्षा करने की शपथ ली प्रदेश के अन्य सभी जिलों के शिक्षण संस्थाओं आश्रम छात्रावासों और निजी संस्थाओं में भारतीय संविधान के महत्व पर केन्द्रित विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया इसके अलावा संविधान पर आधारित संगोष्ठी वाद विवाद और निबंध प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हाथी आतंक कोरिया जिले में इन दिनों हाथियों के उत्पात की वजह से ग्रामीणों को रतजगा करना पड़ रहा है हमारी संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक जिले के सलबा और सलका इलाके में ग्यारह हाथियों का दल सक्रिय है इस दल के द्वारा कई घरों के साथ ही कई एकड़ फसल को भी नुकसान पहुंचाया गया है जिसकी वजह से किसानों को अपनी जानमाल की रक्षा के लिए रातों को भी जागना पड़ रहा है वन विभाग हाथियों को घने जंगलों की ओर खदेड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है केन्द्र पेट्रोल पंप केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को देशभर में लगभग छप्पन हजार नए पेट्रोल पम्प खोलने और अपने खुदरा कारोबार को व्यापक विस्तार देने की अनुमति दे दी है इससे हजारों करोड़ रुपए को निवेश के साथ बड़े पैमाने पर लोगों को नये रोजगार मिलने की संभावना है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधिकारी पार्थ योरा ने कल मुम्बई में कहा कि नव निर्मित हाइवे नए कृषि क्षेत्र और औद्योगिक हब जैसे उभरते बाजारों से ईंधन की बढ़ती मांग और ग्राहकों की सुविधा के लिए यह फैसला किया गया है